लाहौल घाटी के दौरे के दौरान आज निर्माणाधीन नालडा सड़क का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि लाहौल मण्डल के शेष बचे गांवों को सड़क से जोड़ने के प्रयास जारी हैं मारकंडा ने कहा कि घाटी की सभी सम्पर्क सड़कों को चरणबद्व ढंग से पक्का करने का कार्य किया जाएगा राज्यपाल राज्यपाल कलराज मिश्र ने चंद्रयान दो के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के वैज्ञानिकों देशवासियों राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है राज्यपाल ने कहा कि चंद्रयान दो के सफल प्रक्षेपण से भारत ने इतिहास रचा है और ये क्षण सबके लिए गौरवमयी है इस बीच मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से भेंट की ये एक शिष्टाचार भेंट थी

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर लोगों को श्भकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता से हर महीने संवाद के लिए रेडियो को चुना है क्योंकि उन्हें विश्वास है कि रेडियो ही एक ऐसा जरिया है जो देश में समाचारों के साथ मनोरंजन का भी माध्यम है बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जल जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जलशक्ति अभियान में रचनात्मक सहयोग देने का आहवान किया है वे आज नाहन में आयोजित पौधरोपण अभियान के अवसर पर बोल रहे थे

एक ब्यान में उन्होंने कहा कि इन मॉडल पंचायतों में विभिन्न विमागों की भागीदारी के साथ सड़क पानी शिक्षा व अन्य मूलभूत सुविधाओं का ढांचा तैयार किया जाएगा और पंचायतों की सभी बस्तियों को पक्के रास्ते की सुविधा दी जाएगी वीरेंद्र कंवर ने मॉडल पंचायतों में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की भी बात कही डेजी ठाकुर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने कहा है कि महिलाओं को उनके लिए बनाए गए कानुनों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों का संरक्षण करने में समर्थ हो सके उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य महिलाओं का उत्पीड़न और घरेलू हिंसा रोकने के साथ साथ उनके अधिकारों की सुरक्षा करना भी है

विधिक शिविर कूल्लू जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने आज नग्गर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया इसकी अध्यक्षता करते हुए प्राधिकरण के सचिव व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अनिल शर्मा ने लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्राधिकरण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों अनुसूचित जातिं व अनुसूचित जनजाति सहित महिलाओं व दिव्यांगों को निशुल्क न्याय की व्यवस्था करता है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने बागवानों को सरकार द्वारा कार्टन खरीद पर कोई भी सहयोग न देने का आरोप लगाया है पार्टी के प्रदेश सचिव हरि कृष्ण हिमराल ने कहा कि सरकार बागवानों को कार्टन उपलब्ध करवाने में कोई रूचि नहीं ले रही है जिससे उन्हें निजी कम्पनियों से महंगे दाम पर कार्टन खरीदने पड रहे हैं

रक्षा पैंशन संवितरण अधिकारी सतीश कमार ने सभी रक्षा पैंशन धारकों युद्ध विधवाओं और सैनिकों के आश्रितों से पैंशन अदालत में आने का आग्रह किया है ताकि पैंशन संबंधी सभी शिकायतों का मौके पर निपटारा किया जा सके